केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा केंद्र सरकार दिव्यांगो की सहायता के लिए प्रयासरत

प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र की मर्यादाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप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

इनमें हिमाचल प्रदेश के दारचा बरसी और पलचान पुल शामिल हैं इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सभी पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर सम्पर्क स्थापित करने में मील पत्थर साबित होंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज अपने दो दिवसीय हिमाचल दौरे के पहले दिन मनाली पहुंचे इस अवसर पर उन्होंने मनाली में अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव के लिए किए गए उपायों और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की

मुख्यमंत्री ने टवीट के माध्यम से खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की सलाह के अनुसार वे अपने सरकारी आवास में ही आइसोलेट रहेंगे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके बाद वे पिछले करीब एक सप्ताह से अपने आवास पर क्वारंटीन थे रामस्वरूप अपील इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना से बचाव के लिये लोगों से प्रधानमंत्री के जन आन्दोलन से जुड़ने की अपील की है रामस्वरूप शर्मा ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह भी किया है

इस अवसर पर राजीव सैजल ने सभी से एकजुट होकर संस्थान की प्रगति और रोगियों के कल्याण व सुविधा के लिए कार्य करने को कहा राकेश पठानिया प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किऐ जा रहे हैं

वन मंत्री ने कहा कि हिमाचल के वन प्रकृति और वन्य जीव न केवल देश में अपितु विश्व में प्रदेश को एक विशेष स्थान दिलाते हैं और इनका संरक्षण व संवर्धन हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी है

शिक्षा भाषा कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज कुल्लू में दशहरा महोत्सव को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार देवी देवताओं को दशहरा में आने का निमंत्रण नहीं दिया जाएगा उन्होंने कहा कि दशहरा महोत्सव को सुक्ष्म रूप से आयोजित किया जाएगा और कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत जिले में स्थिति बेहतर है और टेस्टिंग की प्रतिशतता में चंबा प्रदेशभर में सर्वश्रेष्ठ है हंसराज ने कहा कि अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन भी अगले सप्ताह तक स्थापित कर दी जाएगी इससे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष ने कियाणी गांव में निर्मित होने वाले भव्य स्वागत द्वार की आधारशिला भी रखी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने अटल टनल रोहतांग से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पटिटका गायब होने के संबंध में मुख्यमंत्री और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक शिकायत पत्र भेजा है

इस बीच आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने भाजपा पर लोकतंत्र की मर्यादाओं से खिलवाड़ करने और इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है उन्होंने कांग्रेस के किसान बचाओ आंदोलन को सफल करार देते हुए कहा कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और नए कृषि कानून का विरोध जारी रहेगा

बिहूं में आज जन समस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा गुरिल्ला संगठन एसएसबी प्रशिक्षित स्वयं सेवी गुरिल्ला संगठन कुल्लू की बैठक आज प्रेम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश दिए जाएं तो गुरिल्ला स्वयं सेवी देश खासकर हिमाचल की सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है